आज कानपुर के डीएवी कॉलेज के शताब्दी समारोह के उद्घाटन अवसर पर बोलते हए श्री कोविंद ने कहा कि छात्रों को नई चुनौती का सामना करना चाहिए आज का समय टेक्नोलोजी का समय है और आने वाला समय आर्टीफिशियल इंटैलिजैंस का होगा आप लोगों को नए प्रकार की च्नौतियों का सामना करना है ऐसी स्थिति में अपने उज्जवल भविष्य के लिए आपको नए दौर के नए साधनों का उपयोग करना होगा प्रौद्योगिकी ने जो नए औजार दिए हैं उनका सदुपयोग करते हुए प्रगति करनी है आगे बढ़ना है राष्ट्रपति ने कहा कि ज्ञान आधारित शिक्षा आज की जरूरत है और यह हर क्षेत्र में छात्रों को व्यापक अवसर प्रदान करेगी उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व में वैश्यिक तकनीकी क्षेत्र में नाम कमाया है श्री कोविंद ने आज कानपुर के रूमा इलाके में दयोरी घाट में श्री बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विपासना ध्यान केन्द्र में धम्म कल्याण केन्द्र के एक ब्लॉक का उद्घाटन भी किया

नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस डेशबोर्ड से लोगों को देश भर में रेलों के कामकाज की जानकारी मिलेगी रेलवे में भी बहत सारे देशभर में अन्य अन्य प्रकल्प अन्य अन्य काम तेज गति से चल रहे हैं और ये सभी कार्यो के ऊपर आपकी और भारत की जनता की दृष्टि पूरे समय जुड़ी रहे लगी रहे उसके लिए एक ये प्लेटफॉर्म आज रेल दृष्टि का हम लॉच करने जा रहे हैं हर प्रकार की जानकारियां जनता के सम्ह रहे जिसको कही भी किसी भी समय कोई भी जानकारी आपके लिए उपलब्ध रहे श्री गोयल ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार जवाबदेही के लिए जानी जाती है श्री गोयल ने कहा कि रेल मंत्रालय को इस डेशबोर्ड के जरिये सुझाव और टिप्पणियां मिलेंगी जिससे भावी कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलेगी

आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल प्रस्कार समारोह में श्री गडकरी ने कहा कि मीडिया जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निमाता है उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधार में जल की अहम भूमिका है श्री गड़करी ने कहा कि जल संरक्षण के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए जा रहे हैं

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आज एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर इस बात की जानकारी दी है विज्ञप्ति के अनुसार समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के बालाघाट टीकमगढ़ और खजुराहो में अपने प्रत्याशी उतारेगी जबकि अन्य सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे उत्तराखण्ड की पांच लोकसभा सीटों में से एक मात्र सीट पौढ़ी गढ़वाल में सपा अपना प्रत्याशी उतारेगी जबकि अन्य चार सीटों पर बसपा उम्मीदवार भाग्य आजमायेंगे इससे पहले दोनों दलों ने उत्तर प्रदेश के पचहत्तर लोकसभा सीटों पर साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया था

भारतीय उद्योग परिसंघ के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा है कि इस फैसले से मकान खरीददारों की जरूरते पूरी होंगी और आवास क्षेत्र में तेजी आएगी राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने फैसले की सराहना करते हुए कहा है कि इससे मकान खरीददारों को बड़ी राहत मिलेगी जीएसटी परिषद ने मकान खरीददारों को बड़ी राहत देते हुए निर्माणाधीन मकानों पर मौजूदा जीएसटी बारह प्रतिशत से कम करके पांच प्रतिशत कर दिया है

श्री जेटली ने कहा कि जीएस टी कटौती से निर्माण क्षेत्र में निश्चित रूप से तेजी आएगी

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायनूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने इस बारे में केन्द्र सरकार रक्षा मंत्रालय जम्मू कश्मीर सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी नोटिस जारी किये हैं याचिका में ऐसी नीति बनाने का आग्रह किया गया है जिससे ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन रोका जा सके

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ इस हमले की कथित बड़ी साजिश की जांच कराने के लिए एक वकील की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये व्यवस्था दी